केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा इस मिशन से सरकार के मानव संसाधन प्रबन्धन में बडा बदलाव आयेगा प्रदेश सरकार ने राज्य में विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में धान खरीद का लक्ष्य पचपन लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया राज्य में पांच हजार सात सौ सोलह नये कोरोना मामले दर्ज होने के बाद सक्रिय रोगियों की संख्या छप्पन हजार चार सौ उन्सठ हुई अब तक एक लाख इक्यासी हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हर दशा में कोविड नाइन्टीन के एक लाख पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कानप्र वाराणसी प्रयागराज और गोरखप्र में कोरोना टेस्टिंग में वृद्धि करने के भी निर्देश दिये मृष्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने सभी जनपदों में वेंटीलेटर्स को क्रियाशील रखने के लिये कहा म्ख्यमंत्री ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में आक्सीजन के कम से कम चौबीस घंटे के बैकअप की व्यवस्था रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सितम्बर माह में वेक्टर जनित रोगों के प्रकोप की अधिक संभावना के दृष्टिगत स्वच्छता सैनिटाइजेशन कार्य में पूरी तत्परता बरती जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नहरों को रोस्टर के हिसाब से पूरी क्षमता से संचालित किया जाये जिससे किसानों को सिंचाई कार्यो के लिये आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो सके उन्होंने किसानों को खाद की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में कोई भी कोताही नहीं बरती जाये गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करने के पहले ही निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराते हुए किसानों को शीघ्र मुआवजा वितरित किया जाये केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को कल मंजूरी दी यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्वतियां सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करनाहै जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याध्रनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढाने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक बनें और पारदर्शिता तथा प्रौद्योगिकीके जरिये नवाचार को अपना सकें हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांच वर्ष के इस मिशन से छियालिस लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारी लाभावित होंगे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सोलह लाख बान्नबे हजार किसानों को एक हजार तीन सौ अटठटासी करोड़ रूपये से अधिक की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी और फसल उत्पादन में लाभकारी योजनाएं संचालित कर उनकी आय दो गुना करने में भरपूर सहयोग दे रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष दो हजार सत्रह अटठारह में खरीफ की फसल के दौरान पच्चीस लाख इक्यासी हजार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया जिसमें चार लाख एक हजार कृषकों को लगभग दो सौ पैंतालिस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में खरीफ की फसल दौरान इक्कीस लाख उन्हत्तर हजार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया जिसमें पांच लाख उन्हत्तर हजार कृषकों को लगभग चार सौ पैंतीस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया इसी प्रकार वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के खरीफ की फसल में योजना के अन्तर्गत तेईस लाख नवासी हजार हजार कृषकों द्वारा बीमा कराया गया जिसमें चार लाख बान्नबे हजार किसानों को पांच सौ अट्ठावन करोड़ चालिस लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया प्रदेश सरकार ने राज्य में खरीफ विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में धान खरीद का लक्ष्य पचपन लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने धान खरीद के लिये सभी तैयारियां पन्द्रह सितम्बर तक पूरी करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आगामी एक अक्ट्बर से धान की खरीद श्रू की जायेगी इसके लिये निर्धारित समी एजेंसियों और खरीद केन्द्रों की जिओ टैंगिंग करायी जाये जिससे किसानों को उनकी उपज और ट्रांसपोटर्स तथा धान मिलों के बिलो का तत्काल भुगतान के लिये ऑन लाइन पेंमेट की प्रक्रिया पूरी हो सके श्री सिन्हा धान क्रय के संबंध में लखनऊ में बैठक को संबोधित कर रहे थे धान खरीद के लिये निर्धारित दस धान क्रय एजेंसियों और तीन हजार क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीददारी की जायेगी क्रय केन्द्रों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक धान खरीद का समय निर्धारित किया गया है प्रदेश में पांच हजार सात सौ सोलह कोरोना के नये मामले दर्ज होने के बाद अब यहां सक्रिय मामलों की कल संख्या छप्पन हजार चार सौ उन्सठ हो गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि जो व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गये हैं उनकी संख्या अब एक लाख इक्यासी हजार तीन सौ चौसठ हो चुकी है संक्रमित व्यक्तियों में से तीन हजार छः सौ सोलह लोगों की मृत्यू हुई है उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक एक लाख आठ हजार छप्पन लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का फिलहाल एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग और हाथों को लगातार साबुन पानी या सैनिटाइजर से विसंक्रमित करते रहना देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर लगभग सतहत्तर प्रतिशत हो गई है अब तक इस संक्रमण से उन्तीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले छत्तीस घंटों में बासठ हजार छब्बीस मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छूटटी दी गई वर्तमान रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर तीन दशमलव छह गुना हो गई है मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताहतक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार गुना तक पहुंच गई है अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कल बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से राम मंदिर परिसर का ले आउट और मंदिर का नक्शा पारित कर दिया अब राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दो करोड़ ग्यारह लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी रूपये जमा करने होंगे जिसमें विकास शुल्क विकास अनुज्ञा शुल्क शामिल है मंदिर प्रांगण का क्षेत्रफल दो लाख चौहत्तर हजार एक सौ दस वर्गमीटर है जिसमें तेरह हजार वर्गमीटर पर मंदिर का निर्माण किया जायेगा हिन्दू मान्यताओं के अनुसार पितरो को स्मरण करने का दिन कल से शुरू हो गया जो अगले पन्द्रह दिनों तक चलेगा इस अवधि में पितरों को तर्पण पिंडदान और श्राद्व किया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्वनी अमावस्या तक श्राद्व पक्ष या पितृपक्ष होता है श्राद्व पक्ष में जिस तिथि में पितरों का निधन हुआ है उसमें जल काला तिल जौ कुश और फूलों तथा अन्य वस्तुओं से श्राद्व किया जाता है जौनपुर जिले में मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के जौनपुर रायबरेली हाइवे पर कल बीती रात एक ठेले को बचाने के प्रयास में एक स्कार्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के बगल की खाई में पलट गई हादसे में स्कार्पियो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पाँच लोग घायल हो गए गम्भीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है